जबकि शेष आवेदन एलजी कोड और स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड़ नही किये जा सके हैं

श्री महनोत ने बताया कि राज्य के जिन जिलों में यह ऋण स्वीकृत किया गया इनमें अलवर जयपुर उदयपुर अजमेर भीलवाड़ा चूरू जोधपुर सीकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर एवं कोटा जिला शामिल हैं राज्य में कल झुंझुनू के मंडावा और नागौर के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से इसका श्मारम किया कल ट्रेन का जयपुर पहुंचने पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत किया इस रेल खण्ड के शुरू होने से जयपुर का शेखावाटी क्षेत्र से बडी लाईन के साथ सीधा सम्पर्क होगा जयपुर का बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के लिए वैकल्पिक और सीधा मार्ग भी होगा आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने लघु फिल्म तैयार करवाई है जयपुर यातायात पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि ्यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए किये जा रहे नवाचारों के क्रम में यह लघू फिल्म तैयार करवाई गई है इस फिल्म में संदेश दिया गया है कि आजकल के बच्चे भी यातायात नियमों के प्रति अपने माता पिता से भी अधिक जागरूक हैं इस लघु फिल्म को जयपुर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पूर्व प्रदर्शित किया जायेगा सिरोही जिले के माउंट आबू सड़क मार्ग पर कल देर रात एक कॉलेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई

ये विद्यार्थी झुंझुनू जिले से शैक्षिक भ्रमण पर माउंट आबू आए थे और माउंट आबू से लौटते समय यह हादसा हुआ सभी घायलों को माउंट आबू के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया सवाई माघोपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विमाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कल गंगापुर सिटी में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई खाद्य सुरक्षा दल ने कार्यवाही करते हुए मिठाई विक्रेताओं के यहां से मावा पनीर और बेसन के नमूने लिए